प्रदेश में आज से मास्क के लिए अभियान चलेगा

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

आज से पन्द्रह दिनों तक जारी हाई अलर्ट को लेकर प्रदेश भर में जागरूकता और बचाव को लेकर विशेष अभियान चलाया जायेगा मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ विडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और आज से विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि बिना मास्क के कार मोटरसाईकिल और अन्य वाहन चलाने वालों के वाहन जब्त किये जायेंगे जबकि बिना मास्क के दुकान चलाने वालों की दुकान सील कर दी जायेगी मुख्य सचिव ने संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की तलाश जांच की संख्या बढ़ाने टास्क फोर्स गठित करने और मास्क के इस्तेमाल के लिए अभियान चलाने का भी निर्देश दिया वहीं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए व्यापक इंतजाम किये गये हैं इधर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि कोरोना की स्थिति सामान्य होने के बाद ही प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ाई शुरू की जायेगी प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के चार सौ बारह नये मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या दो लाख इकतीस हजार को पार कर गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक एक सौ पचपन नये मामलों की पटना जिले में पूष्टि हुई है वहीं औरंगाबाद जिले में इकतीस नये मामले सामने आये हैं अभी पांच हजार एक सौ पन्द्रह लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है जबकि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ कर संतानवे दशमलव दो पांच प्रतिशत हो गयी है इस महामारी से अब तक राज्य में एक हजार दो सौ सत्ताईस लोगों की मृत्यु हुई है देश ने कोविड के विरूद्ध संघर्ष में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है पचासी लाख से अधिक लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव छह आठ प्रतिशत हो गई है अब तक पचासी लाख बासठ हजार रोगी स्वस्थ हुए हैं जो संक्रमित लोगों की संख्या से लगभग बीस गुना अधिक है पिछले चौबीस घंटे के दौरान इकतालीस हजार से अधिक रोगी ठीक हुए और लगभग चौवालीस हजार नये रोगियों की प्रष्टि की गई है इस समय देश में संक्रमितों की संख्या पांच प्रतिशत से भी कम रह गई है देश में चार लाख तैंतालीस हजार चार सौ छियासी लोगों का इलाज चल रहा है जो संक्रमितों की कुल संख्या का चार दशमलव आठ पांच प्रतिशत है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित आठ राज्यों को मुख्यमंत्रियों के साथ आज विडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे बैठक में कोविड संक्रमण के ताजा बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने के उपायों पर चर्चा की जायेगी श्री मोदी विभिन्न प्रदेशों में कोविड उन्नीस पर नियंत्रण के लिए उठाये जा रहे कदमों की अद्यतन जानकारी भी प्राप्त करेंगे सूत्रों के अनुसार इस बैठक में अगले साल जनवरी तक आने वाली कोविड उन्नीस वैक्सीन के वितरण को लेकर भी रणनीति बनायी जायेगी वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगठे ने कहा है कि कोरोना का खतरा बना हुआ है ऐसे में लोगों को सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए उन्होंने कहा कि वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में चल रहा है और जल्द ही भारत में यह उपलब्ध हो जायेगी लेकिन सतर्कता बनी रहनी चाहिए

प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई एक सदस्य अध्यक्ष पद के लिए किसी वरिष्ठ विधायक के नाम का प्रस्ताव करेंगे उस प्रस्ताव पर एक अन्य विधायक का समर्थन भी होगा अध्यक्ष के लिए जिस विधायक के नाम का प्रस्ताव किया जायेगा उनकी सहमति भी अनिवार्य होगी प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेंगे अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन हुआ तो उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा यदि एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो ध्वनिमत से मतदान कराया जायेगा अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद सदन के नेता और विरोधी दल के नेता अध्यक्ष को आसन पर ले जाकर बैठायेंगे उसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को आज भी शपथ दिलायी जायेगी सत्र के पहले दिन कल एक सौ नब्बे विधायकों को शपथ दिलायी गयी थी जबकि शेष बावन विधायकों को आज शपथ दिलायी जायेगी केन्द्र सरकार ने अगले साल अट्ठाईस फरवरी तक केंद्र सरकार के पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की अवधि बढ़ा दी है इससे पहले सरकार ने जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की अवधि एक नवम्बर से इकतीस दिसंबर दो हजार बीस तक बढ़ाई थी कार्मिक और जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार विभाग को कई पेंशनधारियों के एसोशिएशन की ओर से कई पत्र मिले थे साथ ही व्यक्तिगत रूप से लोगों ने जारी कोविड महामारी और कोरोना वायरस की बुजुर्ग आबादी को प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की अवधि और बढ़ाने का आग्रह किया था मंत्रालय ने कहा कि लेखा महानियंत्रक के कार्यालय से सलाह मशविरे से अब तय किया गया है कि जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की मौजूदा तारीख आगे बढ़ा दी गई है प्रदेश में अगले साल इकतीस मार्च तक धान की खरीद की जायेगी खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि सरकार ने तीस लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है अधिसूचना के अनुसार साधारण किस्म के धान की कीमत एक हजार आठ सौ अड़सठ रूपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान की कीमत एक हजार आठ सौ अठासी रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गयी है धान खरीद की जिम्मेवारी व्यापार मंडल और पैक्सों को दी गयी है राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में ठंड बढ़ गयी है विभिन्न स्थानों पर उच्चतम और न्यूनतम तापमान में सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी है सबसे अधिक ठंड दक्षिण पश्चिम और मध्य बिहार में पड़ रही है गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान सात दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया वहीं पटना में नवम्बर महीने में पड़ने वाली ठंड का बारह साल का रिकार्ड ट्रट गया है कल पटना का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से तीन दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस कम है मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार अगले अड़तालीस घंटों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आयेगी केन्द्र ने अपने पूर्वानूमान में कहा है कि इस वर्ष ठंड की समय अवधि भी पिछले कुछ सालों से अधिक रहने की संभावना है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार देश में आर्थिक सूधार की गति बनाए रखने के लिए और कदम उठाएगी भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को वैश्विक निवेश का केंद्र बिंदु बनाने के लिए सुधार जारी रहेंगे निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस महामारी के समय में बड़े सुधारों का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा है उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने सुधारों के लिए ऐसे कदम उठाए हैं जिन्हें पिछले कई दशकों से कोई महत्व नहीं दिया गया वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र का व्यवसायीकरण किया जा रहा है और सरकार विनिवेश और निजीकरण का एजेंडा जारी रखेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकहत्तरवीं कड़ी होगी एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद सम्मेलन आयोजित करेगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि तीन से पच्चीस दिसम्बर के बीच होने वाले धन्यवाद सम्मेलन में पार्टी के सभी विधायक पार्षद प्रदेश और जिलास्तरीय अधिकारी शामिल होंगे राज्यसभा उप चूनाव के लिए छब्बीस नवम्बर को अधिसूचना जारी होगी उप चुनाव के लिए नामांकन पटना के प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में होगा इस उपचुनाव के लिए प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल को निर्वाचित पदाधिकरी तथा विधानसभा के निदेशक भूदेव राय को सहायक निर्वाची पदाधिकारी नामित किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग की पैंसठवीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा कल से शुरू हो रही है तीन दिनों की यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जायेगी पहली पाली सुबह साढ़े नौ से साढ़े बारह बजे तक जबकि दूसरी पाली अपराहन दो से पांच बजे तक होगी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है परीक्षार्थियों को मोबाइल ब्लू ट्रूथ और वाई फाई समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ में ले जाने की अनुमति नहीं होगी परीक्षा के दौरान कोविड से जुड़े मानदंडों को पालन करना अनिवार्य होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश में हाई अलर्ट और नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण की खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने कोरोना संक्रमण से जुड़े दिशा निर्देश को सुर्खी बनाते हुए लिखा है बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का अंदेशा हाई अलर्ट दैनिक जागरण ने मौसम की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है राजधानी में नौ दशमलव चार डिग्री तक लुढ़का पारा ठिठ्रन बढ़ी दैनिक भास्कर ने मेट्रो निर्माण से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है पटना मेट्रो के डिपो के लिए अगले सप्ताह से शुरू होगा इकहत्तर एकड़ जमीन का अधिग्रहण प्रभात खबर ने सत्रहवीं विधानसभा की पहली बैठक के दिन ही सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़े तकरार को सुर्खी बनाते हुए लिखा है विधानसभा सत्र के पहले दिन ही विवाद दैनिक आज ने कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड नब्बे प्रतिशत तक कारगर इसके अलावा अखबारों ने विधान सभा के सत्र से जुड़ी खबरों को अंदर के पन्नों पर विस्तार से सचित्र प्रकाशित किया है इससे जुड़ी झलकियों को भी प्रमुखता मिली है

प्रदेश में आज से मास्क के लिए अभियान चलेगा